थाना के सभी कर्मियों को हटाया गया

मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ और एक एएसआई को शराब कारोबार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है तिरहुत के पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार ने थाना के अन्य सभी पुलिसकर्मियों को हटा दिया है गौरतलब है कि थानाध्यक्ष के सरकारी आवास से भारी मात्रा में शराब बरामद होने के बाद यह कार्रवाई की गयी छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद की गयी है थानाध्यक्ष और एएसआई की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है मोतीपुर थाने में वर्ष दो हजार सोलह के अप्रैल महीने से ही पकड़ी गयी शराब का कोई लेखा जोखा नहीं मिला है इधर वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के हरौली गांव के पास से पूलिस ने दो वाहनों से पांच सौ कार्टन विदेशी शराब के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आने वाली मछलियों की बिक्री और भण्डारण पर आज से अगले पन्द्रह दिनों के लिए रोक लगा दी है इन राज्यों से आने वाली मछलियों में कैंसरकारक रसायन फॉर्मलिन की पुष्टि होने के बाद यह फैसला किया गया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि यह आदेश अभी सिर्फ पटना नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी होगा उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की मछलियों की बिक्री करते हये पकड़े जाने पर सात साल की सजा और दस लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है श्री कुमार ने बताया कि आदेश के अनुपालन का जिम्मा जिलाधिकारी को सौंपा गया है प्रधान सचिव ने कहा कि पूर्णियां मुजफ्फरपुर भागलपुर और गया से भी मछलियों के नमूने जांच के लिए भेजे जायेंगे मछलियों को अधिक दिनों तक ताजा रखने के लिए फार्मलिन का उपयोग किया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा सोलह जनवरी को दो दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं वे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ सोलह और सत्रह जनवरी को लोक सभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे इस दौरान ईवीएम में वीवीपैट के उपयोग के बारे में भी चर्चा होगी मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये अगले शैक्षणिक सत्र से उच्च शिक्षा संस्थानों में हजारों सीटें उपलब्ध होंगी जयपुर में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने मोदी सरकार के इस निर्णय को आर्थिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसी का आरक्षण समाप्त नहीं किया गया और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अलग से दस प्रतिशत आरक्षण दिया गया है केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्द्वन ने कहा है कि मौसम वैज्ञानिकों ने आंधी और बिजली की पूर्व चेतावनी जारी करने की कारगर प्रणाली विकसित कर ली है श्री हर्षवर्द्वन ने कहा कि अप्रैल माह से दामिनी नामक मोबाईल एप के जरिये आम लोगों को ये चेतावनी मिलनी शुरू हो जायेगी आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिजली गिरने की जानकारी देने के लिए देशभर में अड़तालीस सेंसर लगाये गये हैं उन्होंने बताया कि बारह घंटे पहले आंधी बिजली की चेतावनी जारी की जायेगी नक्सलियों ने मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के प्रखंड प्रमुख के भतीजे का अपहरण कर लिया है पुलिस इलाके में सघन छापेमारी अभियान चला रही है वहीं लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र के बरियारपूर गांव से पूलिस ने तीन नक्सलियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सलियों की पुलिस को कई उग्रवादी घटनाओं में तलाश थी दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र अन्तर्गत जाले बाजार स्थित एक पेट्रोल पंप से अपराधियों ने नौ लाख रूपये लूट लिये वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि दो मोटरसाइकिल सवार चार अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया इधर पटना के हवाई अड्डा थाना क्षेत्र अन्तर्गत बीएमपी तालाब के पास से अपराधियों ने बिहार सैन्य पुलिस के एक जवान से दो लाख रूपये लूट लिये दिल्ली प्रलिस ने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत दस छात्रों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है कन्हैया कुमार और उनके साथियों पर देशद्रोह के अलावा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं यह मामला नौ फरवरी दो हजार सोलह को जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से देशविरोधी नारे लगाये जाने से संबंधित है मकर संक्रांति का त्योहार कल मनाया जायेगा ज्योतिषाचार्यो के अनुसार आज मध्य रात्रि में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा कल दोपहर बारह बजे तक पुण्यकाल होगा इस कारण कल सुबह से ही संक्रांति स्नान और दान आरंभ होगा मान्यता है कि सूर्यास्त से पहले सूर्य का संक्रमण हो तो उसी दिन मकर संक्रांति मनानी चाहिए इसके साथ ही कल से ही खरमास भी समाप्त हो जायेगा और मांगलिक कार्य शुरू हो जायेंगे मकर संक्रांति के अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कल अखाड़ों के शाही स्नान के साथ क्म्भ मेला शुरू हो जायेगा तीर्थयात्री शहर में आने शुरू हो गये हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि साधु संतों के अलावा विदेशी पर्यटक भी इस मेले में आ रहे हैं कुम्भ मेले का आकाशवाणी और द्रदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी ने अलग से एक किलोवाट का रेडियो स्टेशन कुम्भवाणी स्थापित किया है इसका प्रसारण पैंतीस किलोमीटर के दायरे में प्रतिदिन सुबह पांच बजकर पचपन मिनट से रात दस बजकर पांच मिनट तक सुना जा सकता है आकाशवाणी ने पहली बार कुम्भवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की है दूरदर्शन कुम्भ मेले के विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कल से शुरु करेगा प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से आज पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया लोक जन शक्ति पार्टी की ओर से आयोजित भोज में राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई नेता शामिल हुये वहीं जदयू की ओर से आयोजित भोज में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी लोजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और सांसद चिराग पासवान सहित कई अन्य नेता शामिल हुये इधर भाजपा के विधान पार्षद रजनीश कुमार की ओर से दिये गये भोज में मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुये

मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा शाम में लोगों को हल्की कनकनी का भी एहसास हो सकता है आज सबौर छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना का न्यूनतम तापमान दस दशमलव आठ गया का आठ दशमलव दो भागलपुर का दस दशमलव तीन और पूर्णियां का नौ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया

वैशाली जिले के जन्दाहा थाना क्षेत्र के महिसौर से पिछले दिनों अपहृत दो किसानों की हत्या कर दी गई है पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है शिवहर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने जिले के तीन थानाध्यक्ष सहित छब्बीस पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना क्षेत्र के नवलपुर स्थित मठ से चोरों ने लगभग बीस लाख रूपये मूल्य की अष्टधातु की मूर्तियां चूरा ली वहीं जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने सात अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है सीतामढी जिले की पुलिस ने हत्या और रंगदारी कई मामलों में फरार चल रहे प्रेम कुमार सिंह और उसके सहयोगी मुकेश सिंह को एक देसी पिस्तौल और सात कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है अरवल जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत चौसठ हजार परिवारों का गोल्डेन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाये जायेंगे

थाना के सभी कर्मियों को हटाया गया